गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में मौजूद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आतंकी हमले और उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गृहमंत्री ने बताया कि इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के लिये सुरक्षाबलों को पूरी छूट दी गई है बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं सरकार और सुरक्षाबल इसके खिलाफ जो भी कदम उठायेंगे हम उसका समर्थन करेंगे श्री तोमर ने कहा कि बैठक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यह संकल्प किया और शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा आज महाराष्ट्र के पंढर्कवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के अपराधी छिपने का चाहे जितना प्रयास कर लें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्व है सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है आतंकवादियों के दुस्साहस का पूरी सख्ती से जवाब दिया जायेगा पुलवामा शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवान अश्विनी काछी की पार्थिव देह आज जबलपुर जिले के उनके पैतृक गॉव खुड्डावल लाया गया यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिय लोगों का तांता लगा हुआ है उन्हें अब से कुछ देर बाद पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जायेगी

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी की शहादत को नमन करते हुये कहा कि उनकी शहादत पर हमें गर्व है सरकार इस घड़ी में शहीद परिवार के साथ है उन्होंने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री कमलनाथ शहीद अश्विनी के गांव पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने उनके गॉव पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में जारी हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम जबलपुर के उपेक्षित इतिहास को बदलेंगे उनकी सरकार वचन पत्र में किये गये सभी वादों को पूरा करेगी

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पोषण आहार व्यवस्था को एक साल के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है पिछली सरकार ने पोषण आहार वितरण के लिए नई व्यवस्था तैयार करने का फैसला किया था अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं निवेश अलीबाबा और अमेजान जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने यह बात ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन बीडीएचसी के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही श्री सिंह ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का इदय स्थल है मध्यप्रदेश में काम करने की असीम संभावनाएँ हैं उन्होंने नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया राजस्व अदालत प्रदेश में आज राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सभी राजस्व न्यायालयों में यह लोक अदालत लगाई गयी हैं इनमें सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों द्वारा अविवादित नामांतरण और बँटवारा सीमांकन व्यपवर्तन नक्श बटांकन आरआरसी वसूली ऋण पुस्तिकाओं का वितरण के साथ ही नजूल प्रकरणों का भी निराकरण किया जा रहा है अब कुछ समाचार संक्षेप में नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कटनी जिले में बर्गी पिरयोजना के तहत कैनाल निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं

गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने जिले के कंजई गांव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मध्यान्ह भोजन यूनिफार्म और सायकल वितरण की जानकारी ली